भाजपा के विधायकों ने हड़ताल की वजह से आम लोगों को हो रही परेशानियों के विरोध में विधानसभा के मुख्य द्वार पर भी प्रदर्शन किया भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायाण ने कहा है कि राज्य सरकार आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नहीं है और पिछले दो दिनों से चल रही हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता गंभीर नहीं हैं वहीं इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार जूनियर डॉक्टरों की मांगों को लेकर गंभीर है और जल्द ही वार्ता कर इसका समाधान कर लिया जायेगा पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार की संवेदनहीनता के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इससे राजधानी स्थित रिम्स में ओपीडी की सेवा प्रभावित हो रही है इससे परिजन बिना इलाज कराये लौट रहे हैं जैसा कि आपको मालूम है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अपने तीन साल का बकाया एरियर मांग रहा है एसोसिएशन का कहना है कि जबतक हमारे बकाया को लेकर सरकार फैसला नहीं करेगी तबतक आंदोलन जारी रहेगा

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति को आगे बढाने में सीआईएसएफ की भूमिका है गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीआईएसएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर सीआईएसएफ के बहादुर जवानों को भक्ति और बलिदान को सलाम किया उन्होंने कहा है कि आपदाओं के दोरान देश की सेवा करने के लिए भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से लेकर सीआईएसएफ देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्र ने कल एक बैठक की अध्यक्षता कर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण अभियान की वर्तमान स्थिति और प्रगति की समीक्षा की बैठक में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और टीकाकरण प्रक्रिया में लगे अधिकारी शामिल हए

डॉ पी के मिश्रा ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों की सराहना की उन्होंने इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने अधिक से अधिक पात्र लोगों को टीके लगाने के लिए टीकाकरण अभियान तेज करने का परामर्श दिया उन्होंने राज्यों से अगले तीन महीने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा

उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई के अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण एवं तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत किए जा रेहे कार्यों की समीक्षा की गई

नई पीढ़ी के युवतियों को कौशल विकास के योजनाओं से भी जोड़कर स्वरोजगार के मुख्यधारा में लाया जा सकता है उन्होंने बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष ठाकुर को निर्देश दिया कि स्पॉन्सरशिप की योजना के तहत असहाय बच्चों का भविष्य संवारने पर विशेष ध्यान दिया जाए

इससे भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित होने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान फिर हासिल कर लेगा आर्थिक पूर्वानुमान के बारे में जारी अंतरिम रिपोर्ट में ओईसीडी ने कहा है कि भारत में महामारी के बाद की स्थिति में सुधार होने से वित्तीय और अर्धवित्तीय उपायों तथा विनिर्माण और निर्माण कार्यो की बहाली से अर्थव्यवस्था में सुधार होने में मदद मिली है

राजधानी रांची में तेरह मार्च से नो कार डे अभियान की शुरूआत की जाएगी रांची नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार ने अपील की है कि वे इस दिन कार या बाईक को छोड़कर साइकिल का इस्तेमाल करे इस अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए निगम में अपने सभी सताईस पार्किंग स्थलों पर साइकिल की पार्किंग फ्री करने की घोषणा की है निगम ने पार्किंग की व्यवस्था करने वाले सभी ठेकेदारों को निर्देश दिया है कि साइकिल की पार्किंग करने वालों लोगों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

पूर्वी सिंहभूम से बारह धनबाद से छह और बोकारो से चार संक्रमित मिले हैं हजारीबाग दुमका रामगढ़ और सिमडेगा से दो दो तथा सरायकेला से एक संक्रमित मिला है राज्य में कल संक्रमितों की संख्या अभी चार सौ चौरानबे है वहीं रांची में दो सौ तिरानबे संक्रमित मरीज हैं वहीं जमशेदपुर में संक्रमितों की संख्या अड़सठ है राज्य के अन्य बीस जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या बीस से कम है गढ़वा गिरिडीह गोड़डा पाक़ड़ और पलामू में अभी एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला हैं राज्य में अबतक एक लाख बीस हजार तीन सौ चौहतर कोरोना संक्रमित मिले चुके हैं इनमें से एक लाख अठारह हजार सात सौ सतासी की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है कोरोना की वजह से अबतक एक हजार तिरानबे की मौत हो चुकी है

राज्य के आठ शहरों में ऑटो रिक्शा की वजह से होने वाली वायु प्रद्षण को कम करने के लिए सरकार ऑटो चालकों को पच्चीस हजार तक की आर्थिक मदद देगी ऑटो चालकों को अपने वाहन को इलेक्ट्रिक या सीएनजी में तब्दील करने के लिए यह सहायता दी जाएगी इसके लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड के साथ मिलकर सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरमेंट सीईईईडी कार्ययोजना तैयार कर रहा है राजधानी रांची सहित धनबाद हजारीबाग रामगढ़ चाईबासा पाकुड़ दुमका और साहेबगंज के ऑटो रिक्शा चालक इस योजना का लाभ ले सकेंगे क्लिन एयर एक्शन प्लान के तहत तीन तरह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं

द्मका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकिनाथ धाम में महाशिवरात्रि का अनुष्ठान आरंभ हो गया है

इस प्रतियोगिता के लिए झारखंड की टीम का पहला मुकाबला गुजरात की टीम से होगा झारखंड के अठारह सदस्य टीम का नेतृत्व सिमडेगा की खिलाड़ी नीरू कुल्लू कर रही हैं प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया इस मौके पर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो भी उपस्थित थे

इसकी वजह से पंद्रह और सोलह मार्च को बैंक बन्द रहेंगे हड़ताल और अन्य छुट्टियों की वजह से तेरह मार्च से लेकर सोलह मार्च तक चार दिन लगातार बैंक बन्द रहेंगे